प्रदेश में लोकसभा चुनाव के शेष दो चरणों के लिये प्रचार हुआ तेज विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता कर रहे हैं चुनावी सभाएं और रैलियां भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिर्फ चुनाव तक ही कायम रहेगा महागठबंधन बसपा प्रमुख मायावती ने कहा रोजगार के लिये प्रदेश से बढ़ा है पलायन प्रदेश में कल धूमधाम से मनाई गई अक्षय तृतीया और परशुराम जयन्ती उत्तराखंड की चारधाम यात्रा भी कल से हुई शुरू उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मतदान पुष्टि पर्चियों के औचक मिलान के बारे में विपक्षी दलों के इक्कीस नेताओं की पुनर्विचार याचिका कल खारिज कर दी विपक्ष का कम से कम पचास प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मतदान पुष्टि पर्घियों से औचक मिलान करने का अनुरोध नामंजूर करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह अपना पूर्व निर्णय बदलना नहीं चाहते न्यायालय ने विगत आठ अप्रैल के उस आदेश में निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया गया था कि हर विघानसभा सीट के एक मतदान केंद्र के बजाए किन्हीं पांच मतदान केंद्रों की इलेक्ट्रॉनिक योटिंग मशीनों और मतदान पुष्टि पर्चियों का मिलान किया जाए प्रदेश में लोकसभा चुनाव के शेष दो चरणों के लिये प्रचार तेज हो गया है राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक विभिन्न स्थानों पर रैलियां और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं इसी क्रम में कल भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती लोकसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के पक्ष में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया उन्होंने कहा कि यह महागठबंधन सिर्फ चुनाव तक ही कायम है सपा बसपा के महागठबंधन पर टिप्पणी करते हुए श्री योगी ने कहा कि यह भ्रष्टाचार का गठबंधन है उन्होने कहा कि गरीबों और किसानों के हित हमारी सरकार की प्राथमिकता में है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती में एक चुनावी सभा के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही विकास के लिए काम कर रही है बसपा प्रमुख मायावती ने जौनपुर और भदोही में गठबंधन की संयुक्त सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस के समय में बेरोजगारी बढ़ी है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जौनपुर में रैली को संबोधित करते हुए राज्य और केंद्र सरकारों को किसानों की कथित दयनीय दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने सुल्तानपूर में मेनका गांवी के पक्ष में प्रचार किया वहीं कांग्रेस नेता राजबब्बर ने डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र में दो स्थानों पर चुनावी सभाएं संबोधित की आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं मुल्तान सिंह यादव उधर जौनपुर और भदोही में कल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने सपा बसपा व रालोद गठबंधन की संयुक्त रैली को संबोधित किया जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के मैदान में जौनपुर और मछलीशहर से पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस की सरकारों में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी को बगैर किसी तैयारी के लागू किया गया इससे देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया और लोग बेरोजगार हो गये सुश्री मायावती ने कहा कि रोजगार के लिये युवाओं का प्रदेश से पलायन बढ़ा है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सिर्फ पूंजीपतियों का विकास किया है केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल सुल्तानपुर में भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी के लिये प्रचार करते हुए लोगों से वोट की अपील की जिले के मोतीगरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मेनका गांधी एक जुझारू और समर्पित नेता है उन्होंने कहा कि यह चुनाव लोगों के भविष्य को सुधारने का काम करेगा उन्होंने लोगों से महागठबंधन से सर्तक रहने की अपील की उधर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने डुमरियागंज में विभिन्न स्थानों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया निर्वाचन आयोग ने आदर्श च्नाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के दो और मामलों में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को क्लीन चिट दे दी हैं ये मामले तेईस अप्रैल को अहमदाबाद के रोड शो और नौ अप्रैल को कर्नाटक के चिट्रदुर्ग में प्रधानमंत्री के भाषण से जुड़े हैं नरेन्द्र मोदी ने कथित रूप से नए मतदाताओं से कहा था कि वे अपना वोट बालाकोट हवाई हमलों के नायकों को समर्पित करें इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी समी शिकायतों पर छ मई तक फैसला करने को कहा था प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पांच चरणों का मतदान सम्पन्न होने के बाद अब छठें चरण के मतदान के लिये बारइ मई को वोट डाले जायेंगे इस चरण में पूर्वांचल की चौदह सीटों के लिये मतदान होना है इसमें से दो सीटें मछली शहर और लालगंज अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिये आरक्षित है और विवरण हमारे संवाददाता से इस चरण में जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है वे हैं सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अम्बेडकर नगर श्रावस्ती डुमरियागंज बस्ती संत कबीर नगर लालगंज आजमगढ़ जौनपुर मछलीशहर और भदोही यहां प्रमुख उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी भाजपा नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री रीता बहगुणा जोशी भाजपा के जगदबिका पाल और कांग्रेस के नेता डॉ संजय सिंह आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं मुल्तान सिंह यादव सातवें और अंतिम चरण का मतदान उन्नीस मई को होगा सभी चरणों की वोटों की गिनती तेईस मई को की जाएगी दान धर्म के पर्व अक्षय तृतीया के साथ कल भगवान परश्राम की जयन्ती भी ध्मधाम से मनाई गई इस अवसर पर वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भक्तों ने उनके चरण दर्शन किये अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है हिन्दू कैलेंडर के अनुसार बैसाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है वहीं परशुराम जयन्ती पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हवन पूजन के साथ भंडारे के कार्यक्रम भी आयोजित किये गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परशुराम जयन्ती पर लोगों को बधाई दी हैं कल ही भगवान बासवेश्वर की भी जयंती मनाई गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनको स्मरण करते हए कहा कि महान विचारक और समाज सुधारक भगवान बासवेश्वर ने अपना जीवन समाज को अधिक समावेशी बनाने में लगाया उत्तराखंड की चारधाम यात्रा भी कल से शुरू हो गई कल अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए गए रमजान का मुकद्दर्स महीना कल से शुरू हो गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर लोगों को मुबारकबाद दी है श्री मोदी ने कहा कि रमजान का पावन महीना समाज में सदमाव प्रसन्नता और भाइचारे को बढावा देगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि पवित्र माह रमजान में दान धर्म और त्याग की बड़ी अहमियत है प्रदेश के राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने भी प्रदेशवासियों को रमजान की मुबारकबाद दी है आईसीएसई की दसवीं और आईएससी की बारहवीं परीक्षा का परिणाम कल घोषित कर दिया गया मुंबई की जूही रूपेश कजारिया और मुक्तसर के मनहर बंसल ने दसवीं की परीक्षा में निन्यानवे दशमलव छः शून्य प्रतिशत अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया है वहीं आईसीएसई परीक्षा में देवांग क्मार अग्रवाल और विभाग स्वामीनाथन सौ प्रतिशत प्रतिशत अंक हासिल कर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे भारतीय जनता पार्टी ने सीमा सुरक्षा बल के बर्खास्त जवान तेज बहादुर द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या के बारे में कथित रूप से बात करने वाले वीडियो के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की ओर से क्षमा मांगने की मांग की है नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सम्बित पात्रा ने इस मामले में विपक्ष के मौन रहने पर सवाल उठाते हुए इसे दुर्भाग्य पूर्ण बताया भारत और बंगलादेश संयुक्त रूप से बंग बंधु शेख मुजीबुरहमान के जीवन पर आधारित फिल्म बनाएंगे इसका निर्देशन जाने माने भारतीय फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल करेंगे इस संबंध में बंगलादेश के शिष्टमण्डल के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे के नेतृत्व में कल नई दिल्ली में एक बैठक हुई अमित खरे ने कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच संयुक्त रूप से फिल्मे बनाने पर सहमति हुई और इससे आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे संचार माध्यमों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि वह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा द्वारा दायर शिकायतों पर जल्द कार्रवाई करे